मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि कोरोना के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए राज्य में कर्षयू का सख्त पालन किया जाएगा मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से आह्वान किया कि जनता कर्फ़यू का कड़ाई से पालन करें जिस गाँव में एक भी कोरोना मरीज है वहाँ मनरेगा के कार्य बंद कर दें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि कोरोना को समाप्त करने के लिए गाँव और शहरों में किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है

अब तक चालीस ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने गंतव्य तक पहुँच चुकी हैं

रेलवे का कहना है जिन राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुआ वहाँ कम से कम समय में आक्सीजन पहुंचाई गई है निशुल्क इलाज प्रदेश में कोरोना मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिए नई योजना लागू की जा रही है जिसके तहत गरीबों और मध्यम वर्गीय व्यक्तियों को भी निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज मिल सकेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए आयुष्मान भारत योजना पर निजी अस्पतालों को राज्य सरकार द्वारा विशेष पैकेज दिया जाएगा और सरकार निजी अस्पतालों को कोविड इलाज के लिए अनुबंधित करेगी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि योजना के अंतर्गत सीटी स्केन आदि जाँचें भी निशुल्क होंगी तथा दवाएँ रेमडेसिविर इंजेक्शन ऑक्सीजन आदि भी निःशुल्क मिलेंगे सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि परिवार के एक सदस्य के पास आयुष्मान कार्ड है तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी निशुल्क उपचार की सुविधा मिल सकेगी

प्रत्येक जिले के निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज मिल सके इसके लिये कलेक्टर्स को अधिकार दिये गये हैं कि वे अपने जिले के निजी अस्पतालों को संबद्ध कर सकेंगे जन आंदोलन होशंगाबाद के रहने वाले सुनील सोनी ने आमजन से कोरोना के खिलाफ जारी दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है

उन्होंने विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन दवाओं और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी ली और टीकाकरण को बढ़ावा देने के निर्देश दिये हैं प्रधानमंत्री ने तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और झारखण्ड के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्य में कोविड स्थिति के बारे में बातचीत की विमान हादसा अहमदाबाद से रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप लेकर आ रहा सरकारी विमान कल रात ग्वालियर विमालतल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया विमानतल के प्रभारी संचालक नितीन कुमार ने बताया कि ये विमान इंदौर होते हुए ग्वालियर पहुंचा था जो उतरते वक्त तकनीकी खराबी के कारण ये असंतुलित हो गया इस हादसे में मुख्य पायलट सहित दो सहायक पायलटों को चोंटे आई हैं उन्हें उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है

कार्यक्रम में मंत्रि परिषद के सदस्य जन प्रतिनिधि संभागायुक्त और कलेक्टर किसान कल्याण योजना के किसान हितग्राही शामिल होंगे

संक्रमण में मध्यप्रदेश पहले देश में सातवें स्थान पर था अब वह चौदहवें स्थान पर आ गया है

प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त हो गई है

श्री कावरे योग से निरोग कार्यक्रम की प्रगति और काढ़ा वितरण की समीक्षा भी करेंगे